नई दिल्ली में कल उन्होंने कहा कि प्याज की कमी अस्थाई है और ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बाढ़ व वर्षा के कारण परिवहन व्यवस्था में आई बाधा से हुई है पासवान ने कहा कि सरकार के पास प्याज का बफर स्टॉक मौजूद है और राज्य सरकारें जरूरत के अनुसार प्याज की मांग कर सकती हैं जयंती राष्ट्र आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी जयंती पर श्रद्वांजलि दे रहा है इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न भागों में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं प्रदेश भाजपा अब से कुछ देर बाद शिमला के अम्बेदकर चौक से मूर्ति सफाई अभियान शुरू करेगी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती और शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज सहित अन्य पार्टी कार्यकर्त्ता भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे पार्टी के एक प्रवक्ता के अनुसार इसके तहत रिज मैदान तक सभी मूर्तियों की सफाई की जाएगी शांता कुमार वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने राज्य सरकार द्वारा लाई गई नई पर्यटन नीति की सराहना करते हुए कहा है कि हिमाचल में पर्यटन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं उन्होंने कहा कि पर्यटन नीति में बदलाव से निवेश बढ़ेगा और इससे बेरोजगारी व गरीबी भी दूर होगी निर्वाचन अधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने कहा है कि पच्छाद और धर्मशाला विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उप चुनाव में उम्मीदवार चुनावी रैली जनसभाओं और चुनाव प्रचार सम्बन्धी स्वीकृतियां सुविधा एप्प के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे वे कल शिमला में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की एक बैठक में बोल रहे थे

विधिक शिविर कुल्लू जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बजौरा में कल विधिक जागरूकता शिविर लगाया इसकी अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी अनिल शर्मा ने कहा कि प्राधिकरण द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों अनुसूचित जाति व जनजाति और महिलाओं सहित दिव्यांगों को निशुल्क न्याय की व्यवस्था की जाती है

अमर उजाला का शीर्षक है भूकंप के झटकों से फिर हिला हिमाचल घरों से बाहर निकले लोग दिव्य हिमाचल और पंजाब केसरी के लगभग एक जैसे शब्द हैं भूकंप से थर्राया उत्तर भारत पीओके में तबाही हिमाचल ने भी महसूस किए झटके

अजीत समाचार लिखता हैं भूकंप से हिला पाक उत्तर भारत के कई राज्य भी आए चपेट में हिमाचल में पुलिस अलर्ट पर सीमाओं पर भी चौकसी बढ़ी शीर्षक से पंजाब केसरी ने लिखा है जम्मू कश्मीर और पंजाब के साथ लगती सीमाओं पर सुरक्षा पहरा कड़ा दैनिक जागरण के शब्द हैं हिमाचल में फियादीन हमले का अलर्ट जारी विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी खबर पर अमर उजाला का शीर्षक है भाजपा ने पच्छाद से तीन और धर्मशाला से चार नाम हाईकमान को भेजे दिव्य हिमाचल का कहना है टिकट के घमासान पर शाह का सीएम को फोन

इंडियन टैक्नोमैक नीलामी से संबंधित खबर पर पंजाब केसरी की सुर्खी है आबकारी एवं कराधान विभाग ने हाईकोर्ट में रखी रिपोर्ट

हिमाचल में स्कूली बच्चों के बैग पर मोदी और जयराम के फोटो अमर उजाला की एक खबर है मौसम में हो रहे परिवर्तन को दैनिक जागरण ने शीर्षक दिया है हिमाचल से गायब हो जाएगी गेहूं हिमाचल दस्तक शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज के हवाले से लिखता है स्कूल सिलेबस का हिस्सा बनेगा रोड सेफटी इसी पत्र के अनुसार शिक्षा नियामक आयोग चेयरमैन को मैमो जारी